जनआशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल उज्जैन से शुरू होने वाली अपनी जनआशीर्वाद यात्रा के पहले आज यात्रा के रथ की विधि विधान से पूजा की आगामी विधानसभा चुनाव से पहले श्री चौहान पूरे प्रदेश की जनआशीर्वाद यात्रा पर निकलने वाले हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल उज्जैन से इस यात्रा को रवाना करेंगे करीब पचपन दिन की इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री सभी दो सौ तीस विधानसभाओं में लगभग सात सौ सभाओं को सम्बोधित करेंगे यह यात्रा रथ सभी आध्रनिक संसाधनों से युक्त है पार्टी सूत्रों के मुताबिक रथ में नाईट वीजन कैमरे के साथ जीपीए सिस्टम युक्त मल्टि सीम राउटर लगे हैं जिससे सभी कम्पनियों की हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होगी सप्ताह में चार दिन चलने वाली इस यात्रा के लिये दो रूट बनाये गये हैं एक रूट में विन्ध्य बुन्देलखण्ड और महाकौशल को और दूसरे में भोपाल नर्मदाप्रम ग्वालियर चम्बल और मालवा निमाड़ क्षेत्र को रखा गया है

पेयजल और स्वच्छता सचिव परमेश्वरण अय्यर ने बताया कि अगले महीने की पहली तारीख से शुरू होने वाला यह अभियान एक महीने तक चलेगा उन्होंने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण एजेन्सी के माध्यम से गांवों में गुणात्मक और मात्रात्मक मुल्यांकन के आधार पर सभी जिलों और देश के राज्यों का वर्गीकरण किया जायेगा श्री अययर ने बताया कि यह वर्गीकरण स्वच्छता के प्रति नागरिकों की सोंच और सार्वजनिक स्थानों पर सर्वेक्षण सहित स्वच्छता मानकों पर आधारीत होगा उन्होंने कहा कि आकलन के मानकों में शोचालय की उपलब्धता उनके इस्तमाल और साफ सफाई शामिल होंगे जेटली अर्थव्यवस्था केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली ने भारत के फान्स को पछाड़कर विश्व की छठवीं अर्थव्यवस्था बनने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आज कहा कि मोदी सरकार ने पारम्परिक सोच को बदलकर सुनिश्चित किया कि गामीण भारत और गरीब तबकों का संसाधनों पर पहला हक हो श्री जेटली ने विश्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत को मिली इस उपलब्धि की सराहना की और कहा कि यदि अगले दशक में ऐसा जारी रहा ओर व्यय बढ़ा तो भारत के गांवों में रहने वाले गरीबों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा उन्होंने कहा कि यह लाभ सभी को मिलेगा चाहे वह किसी भी धर्म जाति या समुदाय के हों सिंधिया शहडोल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि प्रदेश में किसान परेशान हैं महिलायें असुरक्षित हैं और नोजवान रोजगार के लिये भटक रहे हैं श्री सिंधिया ने आज शहडोल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल पर राज्य में वेट वसूला जा रहा है खाद के दाम बीते चार सालों में दस फीसदी बढ़ चुके हैं उन्होंने मांग की है कि सरकार ने बीते चार सालों में जनता को हिसाब देने के लिये श्वेत पत्र जारी करना चाहिये मनोरमा राठोर केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठोर ने कहा है कि देश की स्वतन्त्रता के साथ समझोता नहीं किया जा सकता और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है ओर उसे बर्दास्त नहीं किया जायेगा कोच्ची में मनोरमा समाचार सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री राठोर ने कहा कि देश के संविधान की सुरक्षा हरएक की जिम्मेदारी है उन्होंने जम्मु कश्मीर में जारी हिंसा का जिक करते हुए कहा कि जम्मु कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है वहां किसी भी कीमत पर हिंसा बर्दास्त नहीं की जायेगी

श्री चौहान ने आज इन्दौर में चौथे राष्ट्रीय खनिज सम्मेलन में यह बात कही उन्होंने कहा कि इससे रोजगार और राजस्व दोनों ही बढ़ेंगे हमें यह ध्यान रखना है कि किसी भी सूरत में पर्यावरण को नुकसान न हो श्री चौहान ने कहा कि खनिज का दोहन कर प्रदेश और देश के विकास में सहभागी बनने वाले उद्योगपतियों का प्रदेश में स्वागत है इस मौके पर केन्द्रीय खनन मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया तोमर केन्द्रीय खनन मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने शशि थरूर के हाल ही में दिये गये हिन्दू पाकिस्तान के बयान पर कहा कि उनका बयान कांग्रेस के दोहरे चरित्र को दर्शाता है श्री तोमर ने आज इन्दौर में चौथे राष्ट्रीय खान और खनिज सम्मेलन में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि श्री थरूर का यह बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है

इस बयान के बाद राजनीतिक हल्कों ने गहरी प्रतिक्रिया व्यक्त की है सोशल मीडिया उच्चतम न्यायालय ने ऑनलाइन डाटा की निगरानी रखने के लिये सोशल मीडिया संचार हब बनाने के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फैसले पर कडी आपत्ति जताई है शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सरकार लोगों के वॉट्सएप संदेशों की जानकारी इकट्ठा करना चाहती है न्यायालय ने इस मामले में दो सप्ताह में जवाब मांगा है न्यायालय ने सरकार के फैसले को चुनौति देने वाली तृणमुल कांग्रेस विधायक की याचिका पर केन्द्र को नोटिस जारी किया है और इस मामले में ऑटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल की मदद मांगी है हिमा दास हिमा दास ने फिनलैन्ड में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथेलेटिक्स फेडरेशन अण्डर ट्वेन्टी विश्व एथेलेटिक्स चेम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह पहली भारतीय बन गई हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्विट संदेश में कहा कि देश को उन पर गर्व है वहीं प्रदेश के कई मंत्रियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं मंत्रीगण ने अपने संदेश में कहा है कि हिमा दास ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है मौसम मौसम विभाग ने अगले चौबीस घण्टों के दौरान प्रदेश के पांच सम्भागों में तेज बारिश होने की सम्भावना जताई है विभाग के अनुसार भोपाल ग्वालियर रीवा जबलपुर और सागर सम्भाग के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है राज्य के बीस जिलों में सामान्य से अधिक और तेरह जिलों में सामान्य वर्षा दर्ज की गई सबसे अधिक चार सौ उन्नीस दशमलव आठ मिलीमीटर वर्षा सीहोर में और सबसे कम पिच्वासी दशमलव तीन मिलीमीटर वर्षा ग्वालियर में रिकार्ड की गई है पिछले चौबीस घण्टों के दौरान उज्जैन संभाग के नीमच मन्दसौर और आगरमालवा जिले इन्दौर संभाग में झाबुआ और बडवानी जिले ग्वालियर संभाग में शिवपूरी और अशोकनगर जिले सागर संभाग में छतरपूर और दमोह रीवा संभाग में सतना और रीवा के बाद शहडोल संभाग के सभी जिले और जबलपुर संभाग के मण्डला डिण्डौरी जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई आगामी तीन से चार दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमानों में विशष बदलाव के आसार नहीं है मौसम केन्द्र ने उन्नीस से पच्चीस जुलाई के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा की आशंका व्यक्त की है साथ ही राज्य में दिन का तापमान कम से कम अगले दो दिनों तक अधिकतर स्थानों पर सामान्य से कम और अधिकतम तापमान दो से तीन डिग्री सेल्सियस बढ़ने के आसार हैं समाचार संक्षेप में नीमच संभागायुक्त ने डीआरएम रतलाम को पत्र लिखकर रेलवे द्वारा बनाये गये अण्डरब्रीज में पानी भर जाने से लोगों को हुई परेशानी से अवगत कराया शिवपुरी जिले में हई अच्छी बारिश से खरीफ फसल की अच्छी पैदावार को लेकर किसान प्रसन्न हैं शहडोल में चालीस शैक्षणिक संस्थानों कोचिंग को जीएसटी के लिये अपना पंजीयन नहीं कराने को लेकर नोटिस जारी किये हैं सागर आयुक्त ने मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना के कियान्वयन में लापरवाही बरतने पर छह अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं

इसमें दो हजार से अधिक प्रकरण रखे जायेंगे जिनका निराकरण आपसी समझौतों के आधार पर करवाया जायेगा